श्री मोदी ने कहा कि विश्व के दो तिहाई से ज्यादा देश मरूस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित हैं उन्होंने कहा कि बंजर भूमि के साथ साथ हमें पानी की कमी की समस्या पर भी ध्यान देना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि समग्र भूमि और जल नीति में जल आपूर्ति बढ़ाना और जमीन में नमी को रोके रखना जैसे उपाय शामिल हैं अपने सम्बोधन में श्री मोदी ने प्रस्ताव रखा कि जलवायू परिवर्तन जैव विविधता और भूमि का बंजर होना जैसी समस्याओं से निपटने के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग और बढ़ाने की पहल की जाये

श्री मोदी ने कहा कि उपग्रह और अंतरिक्ष टैक्नोलोजी के जरिये जमीन को फिर खेती योग्य बनाने के कम लागत वाले कार्यक्रमों मं भारत मित्र देशों की सहायता करेगा श्री मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने का अपना अनुरोध दोहराते हुए कहा कि प्लास्टिक स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव तो डालता ही है साथ ही जमीन को भी खेती के लायक नहीं रहने देता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मरूस्थलीकरण से निपटने के लिए राष्ट्रीय प्रयास जरूरी हैं श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्थायी विकास के प्रति संकल्प दृढ़ है उन्होंने कहा कि भारत पेरिस शिखर सम्मेलन में प्रमुख भूमिका निभा रहा है और देश में हरित क्षेत्र में पांच वर्ष के दौरान बहुत वृद्धि हुई है बाइट भारत में हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन पूरे कर लिये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस दौरान कई ऐतिहासिक निर्णय लिये गये हैं सरकार के इन फसला और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने के लिए देश के विभिन्न शहरों में आज कई केन्द्रीय मंत्रियों ने मीडिया से बातचीत की प्रदेश में अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने आज प्रयागराज में प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले सौ दिनों के दौरान केन्द्र सरकार ने देश के समावेशी विकास के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा आर आम नागरिकों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण फसले लिये हैं उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय और आतरिक सुरक्षा के प्रति गंभीर है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है

श्री नक़वी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार देश के हर एक नागरिक को सुखी और खुशहाल बनाना चाहती है उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और आतंकवाद को किसी कोमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा तथा इनसे प्रभावी ढंग से निटपने के लिए सख़्त और प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं श्री नक़वी ने कहा कि आर्थिक मंदी से देश पर कोई असर नहीं पड़ेगा बाइट आतंकवाद पे जीरो टांलरेंस और करप्शन पर भी जीरो टांलरेंस तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था एक सुरक्षित हाथों में है मज़बूत हाथों में है ईमानदार हाथों में है

निश्चित तौर से भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उस पर असर क्षणिक तौर से पड़ा है लेकिन जल्द ही यह जो मंदी का माहौल है ठीक होगा और देश में इस मंदी की वजह से देश किसी भी तरह की कोई किल्लत आम लोगों को न हो इसके लिए सरकार कृतसंकल्प है

श्री नक़वी ने कहा कि देश के सभी वगा का कल्याण एनडीए सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की अवधारणा पर काम कर रही एनडीए सरकार में देश के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को मुद्रा योजना और उज्जवला योजना सहित अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है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

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने देश को पचास खरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए पिछले सौ दिनों में कई आर्थिक सुधारों की शुरूआत की है इसी कम में सरकारी क्षेत्र के दस बैंकों का विलय चार बैंकों में कर दिया गया है

अतिरिक्त उधार क्षमता बढ़ाने के लिए सरकारी बैंकों को सत्तर हजार करोड़ रूपये दिये जायेंगे इसके अलावा निवेश बढ़ाने और नये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने जैसे कई महत्वपूर्ण मामलों को हल करने के लिए प्रधानमंत्री ने दो मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया है तथा ढांचागत सुधारों के लिए भी उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाने की घोषणा की गयी है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की पार्टी मुख्यालय पर आयोजित कार्यकम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें सदस्यता ग्रहण करायी इस अवसर पर सदस्यता अभियान के प्रमुख जेपीएस राठौर राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ल सांसद राजवीर सिंह सहित कई मंत्री और वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद थे इससे पहले श्री सिंह राजस्थान के राज्यपाल के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे इस माह के शुरू में ही उनका कार्यकाल पूरा हुआ है राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज जयपुर में पद और गोपनीयता की शपथ ली वह राज्य के इक्कीसवें राज्यपाल हा गे उन्होंने कल्याण सिंह का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल इस माह के शुरू में पूरा हो गया था

किसान और सामाजिक कार्यकर्ता श्री मिश्र तीन बार राज्यसभा सदस्य रहे तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिये भी तीन बार निर्वाचित हुये

आज मोहरम की नौवीं तारीख है पैगम्बर मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन उनके परिजनों और साथियों की शहादत की याद में आज पूरे प्रदेश में जगह जगह ताज़िये रखे जा रहे हैं इसके अलावा शहीदाने कर्बला को श्रद्धांजलि देने के लिए मजलिसों और नज्ञो नयाज़ का कम जारी है राजधानी लखनऊ वाराणसी जौनपुर सहित विभिन्न स्थानों पर परम्परागत जुलूस भी निकाले जा रहे हैं लखनऊ में रात को शब ए आशूर अलम का जुलूस निकाला जायेगा यह जुलूस नगर के विक्टोरिया स्ट्रीट से शुरू होकर दरगाह हजरत अब्बास पर खत्म होगा सुल्तानपुर ज़िले में स्थानीय सांसद मेनका गॉधी ने आज निजाम पट्टी गांव में सखी वन स्टाप सेन्टर की आधारशिला रखी इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इसका निर्माण छह महीने पूरा कर लिया जायेगा तैतालीस लाख रूपये की लागत से बनाये जाने वाले इस केन्द्र में असहाय और असुरक्षित महिलाओं के लिए पुलिस बल वकील और डॉक्टर की तैनाती की जायेगी ताकि हिंसा और उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को बिना शुल्क ज़रूरी सहायता मुहैया करायी जा सके जिले के प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह और श्रीमती गांधी ने बहत्तर वेलनेंस सेन्टर की आधारशिला भी रखी कन्नौज में सुगन्ध और सुरस विकास केन्द्र के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी ईको फेंडली भट्ठी बनायी है जिससे न सिफ पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद मिलेगी बल्कि लगभग पचास प्रतिशत ईंधन की बचत भी होगी इस ईको फेंडली भटठी का सबसे ज़्यादा फायदा ज़िले के परम्परागत इत्र कारोबार को मिलेगा कन्नौज में आज भी इत्र प्राचीन पद्धति से तैयार किया जाता है